प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लेह में सेना वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान और साहस अतुल्य है और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने एक बार फिर गलवान घाटी में बहादुर शहीदों को श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि सैनिकों का साहस उस चोटी से भी ऊंचा है जिसके वे प्रहरी हैं प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं बाइट जिन कठिन परिस्थियों में जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका मुकाबला प्ररे विश्व में कोई नहीं कर सकता है आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं आपकी भूजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं जो आपके इर्द गिर्द खड़ी हैं आपकी इच्छा शक्ति आस पास के पर्वतों जितनी अटल है प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई है उसका संदेश पूरी दुनिया में गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के शत्रुओं ने हमेशा हमारी सेना के दिलों में साहस की अग्नि प्रज्जवलित की है उन्होंने कहा कि लददाख की यह भूमि भारत का ताज है और इसने राष्ट को अनेक बहादुर जवान दिये हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की भूमि ने एक से बढ़कर एक वीर भारत को दिये हैं

ये रिनपोनछे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया रिनपोनछे की अगुवाई में यहां अलगाव पैदा करने की हर साजिश को लद्दाख की राष्ट्र भक्त जनता ने नाकाम किया है ये उन्हीं के प्रेरक प्रयासों का परिणाम था कि देश को भारतीय सेना को लद्दाख स्काउट नाम से इनफेंट्री रेजीमेंट बनाने का प्रेरणा मिली प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत माता और सेना के वीर सप्रतों की माता दोनों का सम्मान करते हैं बाइट जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है केन्द्रीय ग्रहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लेह दौरे से हमारे जवानों का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा उन्होंने टवीट कर कहा है कि श्री मोदी लद्दाख में सेना वायुसेना और आईटीबीपी के वीर जवानों के साथ हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा और सैनिकों के साथ उनकी बैठक उत्साह जनक है उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से सेना का मनोबल बढ़ेगा टिवटर पर रक्षामंत्री ने कहा कि सेना के हाथों में हमेशा देश की सीमाएं सुरक्षित रही हैं उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने टिवटर पर कहा कि भारत को नरेन्द्र मोदी पर गर्व है जो आज हमारे बहादुर जवानों का साहस बढ़ाने के लिए लेह में हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से सेना का मनोबल बढ़ेगा प्रदेश के कानपुर जिले में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में बीती रात एक पुलिस उपाधीक्षक सहित आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गये और एक नागरिक सहित सात पुलिसकर्मी घायल हुए हैं यह मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस का एक दल साठ आपराधिक मामलों के हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए चौबेपुर थाना के अंतर्गत बिकरु गांव में था जब यह पुलिस दल अपराधियों के ठिकाने पर पहुंचने वाला था उसो समय एक मकान की छत से उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की गयी गोलीबारी में पुलिस उपाधीक्षक देवेन्दर मिश्रा तीन उपनिरीक्षक महेश यादव थानाध्यक्ष शिवराजपुर अनूप कुमार और नेबूलाल और चार सिपाही शहीद हो गये घटना का ब्यौरा देते हुए प्रदेश क पुलिस महानिदेशक एच सी अवस्थी ने बताया कि शायद इन अपराधियों को पुलिस दल के छापे का पता चल गया था

उत्तर प्रदेश पूलिस के विशेष कार्य दल को घटना की जांच का काम दिया गया है कई अन्य जांच टीमें बनाकर अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा उन्होंने शहीदों के परिजनों को नियमानुसार सरकारी नौकरी असाधारण पेंशन और प्रत्येक शहीद के परिजनों को एक एक करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की बाइट प्रत्येक पीड़ित परिवार जितने भी हमारे जवान शहीद हुए है उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध करायेगी इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी एक करोड़ रूपये प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जायेगा मैं फिर इस बात के लिये आश्वस्त करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार करेगी मुख्यमंत्री ने कानपुर पहुंच कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्वांजलि दी है और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और बेहतर इलाज के निर्देश दिये

आई सी एम आर ने भारत बायोटेक से क्लीनिकल परीक्षण में तेजी लाने को कहा है

एक दिन में सामने आने वाले मामलों को यह सर्वाधिक संख्या है

भारत में यह महामारी फैलने के बाद एक दिन में किये जाने वाले नमूनों की जांच की यह सबसे अधिक संख्या है